स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि बच्चों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने और उपचार के लिए शीर्ष बाल रोग विशेषज्ञों सहित एक दल आज कोटा पहुंचेगा स्वास्थ्य मंत्रालय के इस उच्चस्तरीय दल में एम्स जोधपुर वित्त और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रीय निदेशक और जयपुर के विशेषज्ञ शामिल हैं

इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार बीमार शिशुओं की मौत पर पूरी तरह संवेदनशील है और इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए श्री गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि प्रदेश में शिशुओं की मृत्यू में लगातार कमी हो रही है उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली श्रीमती गांधी से मुलाकात के बाद श्री पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष को विस्तृत रिपोर्ट भेजी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बेंगलुरू में एक सौ सातवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे इस वर्ष का विषय है ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रोद्योगिकी पांच दिन के इस सम्मेलन में देश विदेश से आए वैज्ञानिक और विशेषज्ञ नवाचार और शोध से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करेंगे ये जनसभा पार्टी की ओर से चलाये जा रहे जनजागरण अभियान का हिस्सा है सभा के मद्देनजर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया राज्यसभा सांसद ओम माथुर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी राज्यसभा सांसद ओम माथुर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित कई भाजपा नेता भी जोधपुर में रहेंगे

हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया है कि हालांकि जोधपुर में पूर्व में हजारों लोगों को नागरिकता मिल चुकी है इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आज से जोधपुर के दो दिन के दौरे पर है राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा सहित कई मंत्री भी उनके साथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे श्री गहलोत कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के छात्रसंघ कार्यालय का उदघाटन करेंगे बाद में वे मारवाड़ राजपूत सभा भवन में नव वर्ष स्नेह मिलन और ओसवाल महिला छात्रावास के शिलान्यास तथा सरदार स्पोर्ट्स एकेडमी का उद्घाटन करेंगे शाम को मुख्यमंत्री का पश्चिमी राजस्थान उद्योग और हस्तशिल्प उत्सव में शामिल होने का कार्यक्रम है राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्राध्यापक स्कूल माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा आज से आयोजित की जा रही हैं

आज और कल पहले चरण में ग्रुप ए के विषयों के परीक्षा होगी पहले दिन सामान्य ज्ञान और हिन्दी का पैपर होगा दूसरे दिन संस्कृत और राजस्थानी भाषा का पैपर होगा